मंडी हाईटेक कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रदेश की कृषि उपज मंडियों को हाईटेक व स्मार्ट मण्डी के रूप में विकसित किया जायेगा

उन्होंने कहा कि मण्डी परिसर की खाली जमीन पर किसान मॉल बनवाये जायेंगे साथ ही मण्डी व्यापारियों के गोदाम कोल्ड स्टोरेज भी बनवाये जायेंगे और व्यापारियों को रियायती मूल्य पर इसके लिए भूमि मण्डी परिसर में उपलब्ध कराई जायेगी

इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय नेक्स्ट इज नाओ यानी कोविड के बाद अब अगला कदम है तीन दिन के इस शिखर सम्मेलन में महामारी के बाद विश्व में उभरती प्रमुख चूनौतियों पर चर्चा होगी इस दौरान सूचना प्रोद्यौगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा बायो टेक्नॉलाजी के क्षेत्रों में विशिष्ठ प्रोद्यौगिकी और नवप्रवर्तन के प्रभाव पर विशेष रूप से विचार किया जायेगा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और स्विस कन्फेडरेशन के उपाध्यक्ष गाये पारमेलिन तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी आत्मनिर्भर भारत अभियान केन्द्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन की दिशा में देश ने तेजी कदम बढ़ाए हैं मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर भी सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चला रही है उद्योगपतियों किसानों और आम उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है

इंदौर शहर के एमवाय परिसर की छत से प्रतिमाह सर्वाधिक पच्चीस हजार यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है इसकी बाजार कीमत दो लाख रूपए से अधिक होती है कंपनी के प्रबंध निदेशक अभित तोमर ने आकाशवाणी को बताया कि इस योजना से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी पहल हुई है शौचालय दिवस आज विश्व शौचालय दिवस है यह दिन लोगों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करने और शौचालय के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है जल शक्ति मंत्रालय का पेय जल और स्वच्छता विभाग स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय दिवस को लोगों में सुरक्षित साफ सफाई को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व शौचालय दिवस मनायेगा इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत स्वच्छ जिलों और राज्यों को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित करेंगे

वहीं सरकार ने प्रदेश में फिर से लाक डाउन लगाने को लेकर चल रही अफवाहों का खंडन किया है सरकार का कहना है की राज्य में स्थिति पूरीतरह से नियंत्रण में है

इस मुहिम के तहत कल जिला प्रशासन ने नगर निगम और पुलिस के सहयोग से दो आपराधिक तत्वों के तीन अवैध निर्माण गिरा दिये गये कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इसके साथ साथ शहर में अमानक पोलिथिन बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है यह अभियान स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के सहयोग से झोनवार चलाया जा रहा है छठ पूजा प्रदेश के विभिन्न भागों में कल से शुरू हुए छठ पर्व में आज खरना मनाया जाएगा

इसके पहले कल नहाये खाये के अनुष्ठान के साथ पवित्र सरोवरों और नदियों के घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं ने छठ पूजा की शुरूआत की कल शुक्रवार को अस्त होते हए सूर्य को संध्या अर्घ्य अर्पित किया जायेगा

मौसम पश्चिमी विक्षोभ के असर से मध्यप्रदेश अछूता नहीं है और यहां बीते दो दिनों में कई जगह बारिश और ओलावृष्टि हुई है इसी प्रभाव के चलते आज राजधानी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो सकती है राजघानी भोपाल में गुलाबी ठंड का अहसास अभी भी वापस नहीं लौटा है आसमान पर बादल छाए रहने के कारण भोपाल और आसपास के इलाकों में रात का तापमान बढ़ा हुआ है मौसम विज्ञानिकों ने अभी दो तीन दिन तक न्यूनतम तापमान में गिरावट नहीं होने के आसार जताए हैं साथ ही आज राजधानी भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवाओं का रुख पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हो गया था इस वजह से नमी आने के कारण प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने लगे थे इससे तापमान में भी इजाफा देखा गया और गुलाबी ठंड गायब हो गई भोपाल में आज भी हल्की बौछारें पड़ने की भी संभावना है

इसके तहत ग्वालियर में चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से खाद्य सामग्रियों की मौके पर ही जांच की जा रही है वहीं कटनी जिले में खाद्य पदार्थो की जांच के लिए अधिकारियों का दल गठित किया गया है गुना में मिलावटी सामग्री बेचने वालो की सूचना देने के लिए दूरभाष और वाट्सअप नंबर जारी किये गये हैं